मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा हर मंच पर सम्मानित होंगी नारियां टिहरी जिले के मुनिकीरेती गंगा तट पर अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव आज से भारु

नकल विहीन परीक्षा के लिए सचल दल रखेंगे नजर चमोली जिले के कोठियालसैण उद्योग फार्म में दो दिवसीय पृष्प प्रदर्शनी का समापन

उद्यान विभाग ने किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी महिला सशक्तिकरण सरकार ने शिक्षा के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय देशभर के स्कलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा

उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्षभर चलेगा

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा है जिसकी बदौलत शिक्षा में उच्चतर स्तर पर बालकों के मुकाबले बालिकाओं के दाखिलों में सभी पाठ्यक्रमों में इजाफा हुआ है श्री निशंक ने कहा कि योग ओलंपियाड की तर्ज पर स्कूल स्तर पर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा

जिसका भार्भारम्म उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने संयुक्त रुप से द्वीप प्रज्जवलित कर किया

इस दौरान मुख्य अतिथि योगी आदित्य नाथ ने कहा कि योग जैसी अध्यात्म और पवित्र विद्या को दुनियां के कोने कोने तक पहुचाने और भारत को योग का विश्व ग्रुरु बनने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अथक प्रयास रहा है विश्व का कोई भी देश जब योग परम्परा से जुडता है तो वह भारत की आत्मीयता से भी जुड़ता है और यह बात देश को गौरवान्वित करती है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड को योग हब और ऋषिकेश को विश्व योग का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बनाने और योग को पर्यटन से जोड़ने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है योग विश्व स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरुरी है जिसकी आवश्यकता आज पूरी दुनिया महसूस करने लगी है

इसके लिए परिषद ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है

बोर्ड के अधिकारियों की माने तो परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए जिला स्तर से लेकर बोर्ड स्तर तक सचल दल गठित किये गये हैं इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी और परीक्षा कार्य में लगे सभी कार्मिकों को मोबाइल या किसी भी इलेक्टॉनिक सामान को परीक्षा केन्द्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी

चम्पावत जिले में भी परीक्षाओं को प्रभावी तरीके से सम्पन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गयी है

मुलाकात के दौरान श्री लिनेन से मुख्यमंत्री से विभिन्न समसामयिक विषयो पर भी चर्चा और प्रदेश में शिक्षा स्मार्ट सिटी मेट्रो एडवेंचर एक्टिविटी वैलनेस और रोपवे के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई है इस अवसर पर फ्रांस एम्बेसी की डिप्टी डायरेक्टर एएफडी क्लीमेंस विडल सचिव वित्त अभित नेगी प्रभारी सचिव एसए मुरूगेशन सहित अन्य लोग मौजूद रहे

शिक्षा समाज को एक नई दिशा देती है

पौडी जिले के खिरसू ब्लॉक के थापला गांव में जन्मी शोभा रावत आज एक अध्यापक है भाोभा बताती है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई घर का सारा कार्य करने के बाद वे स्कूल जाती थी

मानपुर कोटद्वार की विमला मेंदोला की जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आये लेकिन उनकी शिक्षा ने उन्हें रोजगार के साथ ही समाज में मान सम्मान दिलाया उन्होंने बताया कि आठवीं कक्षा पास करने के बाद उनकी शादी हो गई लेकिन उन्होंने पढाई नही छोडी स्नातक प्रथम वर्ष में पढाई के दौरान ही अचानक उनके पति का देहांत हो गया आर्थिक संकट से जूझ रही विमला मेंदोला ने बीटीसी क्वालीफाई किया और अध्यापक बनी आज वह पौड़ी जिले के जलेथा स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्य कर रही है

साथ ही अन्य प्रश्प भी लोगों को अपनी ओर आकर्शित कर रहे हैं इस मौके पर किसानों को उद्यान विभाग के अधिकारियों ने विभाग की ओर से चलाए जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई